प्रदेश में कोविड नाइंटीन के संक्रमण में गिरावट जारी कोरोना से ठीक होने की दर हुई चौरानबे दशमलव नौ चार प्रतिशत एक लाख चालीस हजार रिक्तियां भरने के लिए रेलवे पन्द्रह दिसम्बर से चलाएगा भर्ती अभियान

प्रदेश सरकार राज्य में सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने के लिये बीस लाख किसानों को सब्जियों के बीज मुफ्त उपलब्ध करायेगी प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोरखपुर में आयोजित पूर्वांचल का सतत विकास मुद्दे रणनीति और भावी दिशा विषय पर वेबिनार और संगोष्ठी के दूसरे दिन कल कहा कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने के लगातार प्रयास कर रही है और पूर्वांचल में सब्जियों और फलों की खेती किसानों की आय बढ़ाने में कारगर साबित हो सकती है उन्होंने कहा कि पूर्वांचल क्षेत्र में बागवानी के लिये असीम संभावनाएं है उन्होंने कहा कि जहां अनाज छह महीने में तैयार होता है वहीं सब्जियां दो तीन महीने में तैयार हो जाती है ऐसे में यह ज्यादा लाभप्रद हो सकती है उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि किसानों को ऐसी तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाये जिससे वे बागवानी से ज्यादा से ज्यादा आय अर्जित कर सके श्री शाही ने कहा कि किसानों के पिछड़ेपन का कारण यह है कि उन्हें अद्यतन तकनीक की जानकारी नहीं है उन्होंने बताया कि कृषि में विविधीकरण और मल्टीक्रापिंग समय की मांग है और इसमें बागवानी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के विकास के लिये सरकार लगातार प्रयास कर रही है हाल ही में इंटरनेशनल राइस रिसर्च सेन्टर वाराणसी में खोला गया है आलू के लिये इंटरनेशनल पोटेटो रिसर्च सेन्टर का भी एक केन्द्र खोलने के प्रयास जारी है उन्होंने बताया कि पिछले तीन सालों में तीन हजार करोड़ रूपये की धनराशि कृषि विज्ञान केन्द्रों और कृषि संस्थाओं को दी गई है किसानों की सहूलियत के लिये मंडी शुल्क को दो से एक फीसद पहले ही कर दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकबार फिर कहा है कि किसानों को धान और मक्का की खरीद का भुगतान बहत्तर घंटे के अन्दर सुनिश्चित किया जाये मुख्यमंत्री के निर्देश पर धान खरीद की लगातार समीक्षा की जा रही है और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि इन वस्त्ओं की खरीद समय पर हो जिससे उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य अवश्य मिले राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो इसलिये क्रय केन्द्रों को सुचारू रूप से संचालित किया जाए उन्होंने कहा कि किसानों का हित सर्वोपरि है अधिकारीगण क्रय केन्द्रों का आकस्मिक निरीक्षण करे और समस्याओं का तत्काल समाधान किया जाये प्रदेश में अब तक किसानों से तीन सौ बाइस लाख छियालिस हजार कृत्तल धान की खरीद की जा चुकी है जो पिछले वर्ष से डेढ़ गुना ज्यादा है वहीं अब तक चार लाख चौवालिस हजार पांच सौ चौवन कुन्तल मक्का की खरीद की गई है राज्य में किसानों को पिछले तीन वर्षो में एक लाख बारह हजार करोड़ रूपये का रिकार्ड भुगतान किया गया नये कृषि कानूनों को लेकर बलरामपुर में किसान काफी आशान्वित और उत्साहित है वे केन्द्र सरकार द्वारा उठाये गये इस कदम को किसानों के हित में मान रहे है किसानों का कहना है कि अब उनको उत्पादों का उचित मूल्य मिल सकेगा कृषि बिल को लेकर भले ही कृष्ठ किसानों और राजनैतिक पार्टियों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा हो लेकिन बलरामपुर में किसान कृषि बिल को सरकार का अच्छा कदम बता रहे हैं किसानों ने कहा कि चाहे अपने फसल बेचने की बात हो या फिर उन्तशील खाद व बीज उपलब्य कराने की बात हो कृषि बिल से किसानों को लाभ मिलेगा किसान कानून को लेकर उत्साहित देखे जा रहे हैं किसान सन्तोष ने कहा कृषि बिल जो मोदी सरकार ने यह लागू किया है यह किसान के फायदे के लिए है हम अपने फसल को कहीं भी बेंच सकते हैं जहां अधिक दाम मिलेगा वहीं हम बेचेंगे और बिचौलिए का सहारा इसमें नहीं लेना पड़ेगा हम सरकार के इस कार्य से सहमत हैं किसानों का कहना है कि हम अब अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिये स्वतंत्र है जिससे फसलों को खरीदने वालों में स्पर्धा बढ़ेगी और दलालों से हमें छुटकारा मिलेगा रामकुमार मिश्र आकाशवाणी समाचार बलरामपुर कोविड महामारी से निपटने में भारत ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है और देश में कोविड नाइंटीन से संक्रमित लोगों की संख्या घटकर तीन दशमलव सात एक प्रतिशत रह गई है रोगियों की संख्या में लगातार कमी आ रही है और यह लगभग तीन लाख तिरसठ हजार रह गई है पिछले छत्तीस घंटों में लगभग आठ हजार पांच सौ रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं रोजाना दर्ज किए जाने वाले रोगियों की संख्या भी तीस हजार से नीचे बनी हुई है और बीते छत्तीस घंटों यह में उन्तीस हजार दर्ज की गई संक्रमण के मामलों में भी कमी आई है और पिछले लगभग एक महीने से संक्रमण की पुष्टि वाले लोगों की दैनिक संख्या पचास हजार से नीचे के स्तर पर बनी हुई है वहीं प्रदेश में भी कोविड संक्रमण में लगातार कमी आ रही है पिछले छत्तीस घंटों के दौरान कोरोना के एक हजार छह सौ तेरह नये मामले मिले वहीं इस दौरान इससे ज्यादा एक हजार आठ सौ सत्तर कोरोना मरीज स्वस्थ हए प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि इस समय राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर बीस हजार चार सौ तिहत्तर हो गई है अब तक कुल पांच लाख चौतीस हजार दौ सौ चौबीस कोरोना मरीज पूरी तरह से उपचारित हो चुके हैं और राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर चौरानबे दशमलव नौ चार प्रतिशत हो गई है वहीं मत्युदर में भी कमी आई है और यह एक दमलशव चार दो प्रतिशत के नीचे पहुंच गई है राज्य में कोरोना से कृल आठ हजार पच्चीस लोगों की मौत हई हैं प्रदेश में कोरोना नमूनों की जांच का कार्य लगातार जारी है अब तक राज्य में कुल दो करोड़ ग्यारह लाख तीन हजार छह सौ तैतीस नमूनों की जांच की गई है भारतीय रेल अपने इक्कीस रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से पन्द्रह दिसम्बर दो हजार बीस से लगभग एक लाख चालीस हजार पदों को भरने के लिए व्यापक भर्ती अभियान शुरू कर रहा है रेल मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस भर्ती अभियान में देशभर के दो करोड़ चौवालिस लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे मंत्रालय ने कहा है कि पहला अभियान पन्द्रह दिसम्बर से अट्ठारह दिसम्बर तक चलेगा इसके बाद एनटीपीसी श्रेणियों की भर्ती का काम अट्ठाइस दिसम्बर से मार्च दो हजार इक्कीस तक चलेगा तीसरे चरण में प्रथम स्तर की भर्ती अप्रैल दो हजार इक्कीस से लेकर जून दो हजार इक्कीस तक होगी परीक्षा की सूचना व्यक्तिगत रूप से ईमेल और एसएमएस के माध्यम से दी जायेगी परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र परीक्षा तिथि से चार दिन पहले जारी किए जायेंगे विभिन्न रेलवे भर्ती बोर्डो ने कोविड नाइन्टीन महामारी के मद्देनजर परीक्षा आयोजित करने के लिए व्यापक तैयारी की है उम्मीदवारों के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी मास्क सेनेटाइजर आदि का प्रबंध किया है परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जायेंगी लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की दिशा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज राज्य में लोक अदालतों का आयोजन किया जायेगा इन लोक अदालतों में बैंक वसूली वाद मोटर दुर्घटना विद्युत किरायेदारी मोबाइल फोन केबिल नेटवर्क आयकर और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित प्रकरणों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है